पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नो का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे

रायसेन जिले से दो होनहार छात्र अभिता बघेल और मोहम्मद माज का चयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है

इस सिलसिले में पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व आज दिल्ली में प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगा बताया गया है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह संगठन महामंत्री बीएलसंतोष नये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थावर चन्द्र गेहलोत प्रहलाद पटेल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाननेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ चर्चा करेगें गौरतलब है कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रकिया पूर्ण हो गयी है इस कम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाना है इसलिए यह विचार विमर्श महत्वपूर्ण माना जा रहा है विधायक धरना ग्वालियर से कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल आज विधानसभा के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गये हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज श्री गोयल ने कल इस मुद्दे पर विधानसभा से बहिर्गमन किया था और मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराये जा रहे हैं

इसलिये विधानसभा परिसर में धरना देंगे धरने पर बैठे श्री गोयल ने मीडिया से चर्चो करते हुए कहा कि वे किसी से नाराज नही है वे चाहते है कि सरकार अपने वचनपत्र में शामिल वादे पूरे करे अलंकरण समारोह माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल द्वारा आज राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार अलंकरण समारोह आयोजित किया गया इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय सुरेश पचौरी और जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने पत्रकारों को सम्मानित किया समारोह में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के वरिष्ठ अधिकारी अखिल कुमार नामदेव को संतोष कुमार शुक्ल लोक संप्रेषण पुरस्कार और आकाशवाणी भोपाल के संवाददाता संजीव कुमार शर्मा को झाबरमल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया समारोह को संस्थान के निदेशक विजयदत्त श्रीघर ने भी संबोधित किया

यह परीक्षाएं सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक संपन्न होगीं

मौसम पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश के तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है

जबकि सर्द हवाए चलने से राजधानी भोपाल और इंदौर जिले में कड़ाके की ठंड रही नरसिंहपूर दमोह में बीती रात बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी हमारे सिवनी संवाददाता ने बताया है कि यहां दो दिन से बादल छाये हए है और कई स्थानों में रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने दो तीन दिन तक प्रदेश के अधिकांश इलाको में शीतलहर चलने की संभावना जताई है संक्षिप्त समाचारः मंदसौर जिले की उमाहेडा ग्राम पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया

शहडोल जिले में केन्द्र सरकार की पूलिस कैडेट योजना के अन्तर्गत पांच थाना क्षेत्रों से पचास छात्र छात्राओ को चूना गया है इसके तहत चयनित छात्र छात्राओं को पूलिस की कार्यप्रणाली यातायात और सुरक्षा संबंधी जानकारियां दी जाती है

उमरिया जिले के बांधवगढ़ में विधिक सेवा गतिविधियों की जानकारी के लिये आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया